जल जीवन हरियाली मिशन के साथ नशा मुक्ति बाल विवाह रोकथाम और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर जागरूकता के लिये आज प्रदेश में विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनायी गयी राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी अडतीस जिलों में अठारह हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई में बनाई गई मानव श्रंखला में पांच करोड़ से अधिक लोगों ने हाथों में हाथ थाम कर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया मानव श्रृंखला का मुख्य आयोजन पटना के गांधी मैदान में हुआ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में मानव श्रृंखला बनाई गई इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारुन रशीद मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय के साथ सरकार के अन्य मंत्रिगण और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे मानव श्रृंखला में विशिष्ट अतिथि के तौर पर यूनाईटेड नेशन के प्रतिनिधि अतुल बगाई और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरूष राजेन्द्र सिंह भी शामिल हुये श्री सिंह ने तरुण भारत संघ की ओर से मुख्यमंत्री को पर्यावरण संरक्षक दो हजार बीस सम्मान से भी सम्मानित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल और हरियाली रहेगी तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है

उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के साथ अन्य सामाजिक बुराईयों को जड़ से मिटाने के लिये प्रदेश सरकार की ओर से निरंतर अभियान चलाया जाता रहेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह मानव श्रंखला भले ही प्रतीक रूप में मात्र आधे घंटे की रही लेकिन इसका संदेश गहरा होगा उन्होंने कहा कि अब शासन की सभी विकास योजनाएं जल जीवन हरियाली को ध्यान में रखकर ही लागू की जाएँगी गांधी मैदान में बनायी गयी मानव श्रंखला की फोटोग्राफी हेलिकॉप्टर और ड्रोन से की गयी इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पटना के आयकर गोलम्बर के समीप बनायी गयी मानव श्रृंखला में शामिल हये इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषय भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के करोड़ों लोगों ने मानव श्रंखला के माध्यम से इस दिशा में सकारात्मक और प्रभावशाली संदेश दिया है

कांग्रेस के कई विधायकों ने जहां इसे नैतिक समर्थन दिया वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के विधायक महेश्वर यादव और फराज फातमी मानव श्रंखला में शामिल हुए विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि मानव श्रृंखला में सभी वर्ग के लोगों ने लाखों की संख्या में भाग लिया गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा पश्चिमी चंपारण में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खूर्शीद आलम शिवहर में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह और समस्तीपुर में योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी की उपस्थिति में मानव श्रृंखला बनायी गयी मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड में दरधा घाट पर आथर गांव के लोगों ने गंडक नदी में नावों की कतार लगाकर मानव श्रृंखला बनाई प्रदेश के विभिन्न प्रमंडलों के आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक जिलाधिकारी बिहार सैन्य पुलिस के जवान विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी बडी संख्या में महिलाओं स्कूली छात्रों और आम लोगों ने भी इसमें भाग लिया राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मानव श्रृंखला के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुये कहा कि मानव श्रृंखला में पटना में सबसे अधिक सत्ताईस लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया वहीं समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सारण और रोहतास कमशः दूसरे से पांचवें स्थान तक रहे उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश में वर्ष दो हजार सत्रह में नशा मुक्ति और वर्ष दो हजार अठारह में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के लिये विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनायी गयी थी दरभंगा जिले के केवटी थाना के रनवे के नजदीक मानव श्रृंखला में शामिल ऊर्द् विद्यालय के एक शिक्षक मोहम्मद दाऊद की हृदयघात से मृत्यु हो गयी वहीं समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के हकीमाबाद गांव निवासी रेशमा देवी की पटेल मैदान में आयोजित मानव श्रंखला के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई जिला प्रशासन की ओर से मृत लोगों के निकटतम परिजनों को अनुग्रह अनुदान के तौर पर चार चार लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है देश भर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा दो हजार बीस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा प्रदेश के सत्तर विधार्थियों सहित पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री प्रश्नों का उत्तर देंगे और चुनिंदा विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केन्द्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना के ग्यारहवीं कक्षा के छात्र शुभम कुमार भी चुने गये हैं शुभम ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों से मित्र की तरह बातचीत करते हैं

आप उसके साथ बैठिए उसको आप कभी काम दीजिए कि मैने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा चावल पकाते हैं देखो बेटा ढूंढ कर मुझ बताओं कैसे बनता है वो चावल तो उसको लगेगा मां मुझे टेक्नॉलोजी की मदद से चावल पकाने का नागालैंड की पद्धति क्या है वो सिखाना चाहती हैं वो टेक्नॉलोजी आप दोनों को जोड़ने का कारण बन सकती है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में दिल्ली स्थित साकेत की विशेष अदालत कल आरोपियों के खिलाफ फैसला सुना सकती है इससे पहले तीन बार फैसला टल चुका है इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की याचिका अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है मामले के सभी आरोपी अभी जेल में बंद हैं पांच वर्ष से कम आयु के सत्रह करोड़ से अधिक बच्चों को आज प्रदेश सहित पूरे देश में पोलियो से बचाव की खुराक पिलाई गई देश में पोलियो उन्मूलन की स्थिति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सभी पोलियो ब्रथों पर शाम चार बजे तक बच्चों को दचा पिलाई गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में पांच साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया था राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिली है पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी और आसमान में बादल छाये रहने के कारण ठंड में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है रोहतास जिला के डेहरी में आज न्यूनतम तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चक्रवाती दबाव बनने के कारण अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है वहीं सुबह में कुहासा छाया रहेगा और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे